श्री मोदी ने बैठक में सभी दलों से लिखित में स्झाव देने की अपील की उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्झावों पर विचार किया जाएगा इस वर्घ्अल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था केंद्रीय मंत्री अमित शाहए राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ग्लाम नबी आजादए तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायनए डीएमके नेता टीआर बालूए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता वर्युअल बैठक में हिस्सा लिया गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में कोविड महामारी के टीके के निर्माण और वितरण के लिए सभी तैयारियां कर ली है

रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नये मामलों की दैनिक संख्या से अधिक हो गई है

इसके तहत विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की जा रही है

ष्ण पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल ने कल सतना जिले के अमरपाटन में ओपन धान खरीदी केंद्र का श्भारंभ किया